राज्य में कोरोना संक्रमितों के मिलने की संख्या लगातार कम हो रही है

जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं चार मई से इक्कीस मई तक आयोजित की जाएंगी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले तीन दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है जिससे व्यापक क्षेत्रों में वृद्धि होगी श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों में कहा कि यह बजट जीवन को और सुगम बनाएगा और व्यक्तियों निवेशकों उद्योग जगत और बुनियादी ढांचे में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य पूंजी सृजित करना और कल्याण कार्यों को और बेहतर बनाना है श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर असाधारण रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है साथ ही अनुसंधान और नवाचार पर भी काफी ध्यान दिया गया है उन्होंने कहा कि इसमें रोजगार सुजन को बढ़ावा देने का प्रयास भी स्पष्ट दिखता है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह किसानों और कृषि क्षेत्र का हितकारी बजट है और परिश्रमी अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने में सहायक होगा तथा इस क्षेत्र को अत्यंत आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ समृद्ध करेगा उन्होंने कहा कि इससे ऋण उपलब्यता बेहतर होगी और कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी तंत्र मजबूत बनाया जाएगा

एक बयान में गृह मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बजट तैयार करने का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जटिल था लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निर्मला सीतारामन ने बजट में वे सभी रास्ते खोल दिए जो प्रधानमंत्री की इच्छानुसार आत्ममनिर्भर भारत पचास खरब की अर्थव्ययवस्था और किसानों की आय दुगुनी करने की ओर जाते हैं उन्होंने किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में धन आवंटित किए जाने का भी उल्लेख किया श्री शाह ने यह भी कहा कि इस साल धान की दोगुनी खरीद की गई जिससे देश के एक करोड़ पचास लाख किसानों को लाभ मिला है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में उल्लेखित आत्मनिर्भर भारत के छह प्रमुख स्तंभो में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल को शीर्ष पर रखने और इससे संबंधित बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि वित्त मंत्री ने बीमारी की रोकथाम इलाज और देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया है आम बजट को लेकर लोगों में कहीं निराशा तो कहीं उम्मीदों की किरण देखी जा रही है कोडरमा में भी आम बजट को लेकर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए बजट पर अपनी राय दी है जहां टैक्स एक्सपर्ट प्रदीप हिसारिया की मानें तो टैक्स के लिहाज से यह बजट औसत दर्जे का है और इसमें सामान्य करदाताओं के लिए कुछ भी नहीं है वहीं व्यवसाई वर्ग इस बजट को संतोषप्रद बता रहा है व्यवसाई महेश दारुका ने कहा कि जिस तरह से वैश्विक महामारी के बीच पूरा देश कठिन चुनौतियों से जूझता रहा है ऐसे में बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसे संतोषप्रद माना जा सकता है खासकर हेल्थ सेक्टर में ढाई गुना व्यय करने की घोषणा से आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की घोषणा को गृहणियां बेहतर कदम बता रही है राज्य में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हो रही है

जबकि रांची जिले से एक मरीज की मौत हई है

अब तक राज्य में एक हजार तिहतर मरीज की मौत कोरोना से हई हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल रात फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी केजुअल्टी वार्ड ममता वाहन कॉल सेंटर सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम और मातृत्व एवं नवजात शिश् विभाग के नार्थ वार्ड ब्लॉक डॉक्टर्स रूम नर्सेज रूम और स्टोर रूम आदि का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि वे मरीजों के बेहतर इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने यहां उपलब्ध सुविधाओं और जरूरतों की भी जानकारी ली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ऐसे विकास के मॉडल का आह्वान किया है जो आदिवासियों की विशेष पहचान को संरक्षित करे उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों की संस्कृति उनकी पहचान है चाहे वे मुख्यधारा में आ गए हों लेकिन फिर भी इसे बचाये रखना आवश्यक है नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में कल राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव के उद्घाटन के बाद एक फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी संस्कृति का किसी भी प्रकार का नुकसान संपूर्ण मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी

झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं चार मई से इक्कीस मई तक आयोजित की जाएंगी प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी इससे पूर्व छह अप्रैल से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होंगी

चतरा की पिपरवार थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय कोल माफियाओं के विरुद्व बड़ी कार्रवाई की है

गिरफ़तार दोनों तस्कर रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं टंडवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास पांडेय ने बताया कि एसपी के निर्देश पर थाना क्षेत्र के सपही नदी के समीप संघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था इस दौरान बोलेरो को रोककर उसकी तलाशी ली गई

धनबाद जिले के कांड्रा स्थित एसएफसी गोदाम में खाद्य सामग्री के भंडारण में अनियमितता बरतने पर उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी भोगेंद्र ठाकुर और गोदाम के एजीएम जयदीप गिरी को शो कॉज करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है

राज्य में शीतलहर का असर दिख रहा है राजधानी रांची सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दिनों तक ठंढ से राहत नहीं मिलेगी

वहीं कांके का न्यूनतम तापमान दो डिग्री और मैक्लूस्कीगंज का एक डिग्री दर्ज किया गया इधर धनबाद जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है मौसम में ठंडक अभी कई दिनों तक बनी रहेगी धनबाद से सटे बोकारो और गिरिडीह में शीतलहर चलने का भी अनुमान है पर चार फरवरी से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं पांच फरवरी को बादल गरजने के साथ बुंदाबांदी भी होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होनेवाला है इस वजह से चार फरवरी से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी पांच को राज्य के कई हिस्सों में हल्की फुहारें भी बरस सकती हैं छह फरवरी को भी क्छ हिस्सों में बारिश का अनुमान है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कल पेश हुए वर्ष दो हजार इक्कीस बाइस के आम बजट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है प्रभात खबर ने अर्थव्यवस्था को उम्मीदों की वैक्सीन शीर्षक को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है दैनिक भास्कर ने लिखा है स्वस्थ रहो आत्मनिर्भर बनो इस शीर्षक के साथ आम बजट के विश्लेषण को पेश किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने भी वित्त मंत्री द्वारा पेश किए बजट को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है प्रहार से जूझने का प्रयास दैनिक जागरण ने लिखा है बड़ी चुनौती बड़ा इरादा खजाना भरने के लिए लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन को भी पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है दिल में है किसान और गांव रांची एक्सप्रेस ने भी आम बजट पर प्रधानमंत्री के संबोधन को पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है गरीब विरोधी है केंद्रीय आम बजट